राज्यपाल रामनाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी श्रभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज और दिवंगत नेता के परिजन उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलशों को ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्यों की राजधानी और सभी जिलों में अस्थि कलश यात्रा आयोजित करेंगे और अस्थियों को प्रमुख नदियों में विसर्जित किया जायेगा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीशचन्द्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ को बताया कि कल केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी के अस्थि कलशों को लेकर राजधानी लखनऊ पहुंचे गे जहां उनकी अस्थियों को गोमती नदी में विसर्जित किया जायेगा बाइट श्रद्देय अटल जी के कलश कल माननीय राजनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष जी लेकर कल दोपहर में एक बजे के आस पास लखनऊ एयरपोर्ट पर आयेंगे यहां माननीय मुख्यमंत्री और माननीय दोनों उपमुख्यमंत्री आदर्णीय केशव प्रसाद मौर्य जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी तथा कैबिनेट के सभी सदस्य और पार्टी के पदाधिकारी इसके साथ अन्य गणमान्य लोग वहां उसको रिसीव करेगे वहां से काफिला भाजपा कार्यालय आयेगा वहां पर लोग उनके अस्थि कलश पर पृष्प अर्पित करेंगे और श्रद्धा से मीटिंग करेंगे और उसके पश्चात वे झूलेलाल पार्क जायेगा जहां उनकी श्रद्धांजलि सभा होनी है और उसमें सभी दल के सभी धर्म के लोग वहां उनको अपनी श्रद्दांजलि अर्पित करेंगे और उसके पश्चात उनका गोमती नदी में विसर्जन होगा इसके साथ चौबीस की सुबह श्री अटल जी का अस्थि कलश प्ररे प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं सबमें उनकी अस्थियां प्रवाहित की जायेंगी

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व व चकबंदी मूकदमों को तय समय सीमा में विशेष अभियान चलाकर निपटाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि पांच वष से अधिक मामलों को चिन्हित कर प्राथमिकता पर निपटाया जाये साथ ही मण्डल जनपद तथा तहसील स्तरीय राजस्व भवनों का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जाये वह कल लखनऊ में राजस्व विभाग के प्रस्त्रतीकरण के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने एंटी भू माफिया अभियान राजस्व भवनों के नवनिर्माण भू मानचित्रों के डिजिटिलाइजेशन खतौनी के खातेदारों के अंश निर्धारण शिकायतों के निस्तारण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं तथा राजस्व विभाग में रिक्त पदों की तैनाती की स्थिति और आपदा एवं राहत कार्यो की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का समाधान तभी माना जाये जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो जाये उन्होंने एंटी भू माफिया अभियान के तहत चिन्हित किये गये भू माफियाओं अभियान में दर्ज की गई एफआईआर राजस्व व सिविल वादों के संबंध में की जा कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास से केरल के बाढ़पीड़ितों को सहायता के लिए खाद्य सामग्रियों से भरे पच्चीस ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर मंख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश केरल की जनता के साथ है बाइट मुख्यमंत्री केरलवासियों के प्रति पूरे देश की संवेदना है और आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने पन्दह करोड़ रूपये की राशि वहां के मुख्यमंत्री के राहत कोष में पहले ही भेज चुके हैं कल होमगार्ड विभाग के द्वारा एक दो ट्रक दवा आदि की व्यवस्था वहां के लिए की गई थी लेकिन वहां की सरकार ने इस बारे में कहा कि वहां पर दवा आदि की नहीं बल्कि अन्य खाद्य सामग्री की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के द्वारा साठ मीट्रिक टन राहत खाद्य सामग्री इसमें बिस्किट हैं ड्राई फ्ट हैं फूट जूस है पानी को बोतलें हैं मोमबत्ती हैं नमकीन है मिल्कपाउडर है चिप्स हैं और अन्य जो सामग्रियां हैं यहां से वहीं भेजी जा रही हैं प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ढाई सौ से अधिक आबादी के राजस्व गांवों और बसावटों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने वाली सबका साथ सबका विकास योजना का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया है सबका साथ सबका विकास योजना अब अटल बिहारी बाजपेयी सबका साथ सबका विकास योजना के नाम से जानी जायेगी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल वीडियो कान्फ सिंग के माध्यम से विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों या अन्य प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के गॉवों और कस्बों तक सड़क बनाने का काम किया जायेगा उन्होंने बताया कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में स्वीकृत चौवन मागो का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है इन मार्गो में राज्य की सीमा पर एक प्रवेश द्वार भी बनाया जायेगा श्री मौर्य ने कहा कि समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित गॉवों में शहीदों के नाम पर प्रवश द्वार भी बनाये जायें गें उन्होंने भू माफियाओं के कब्जे से लोक निर्माण विभाग की जमीन को अभियान चलाकर मुक्त कराने के भी निर्देश दिये कुम्म मेले पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नगर विकास और लोक निर्माण विभाग के काम समय पर पूरे किये जायेंगे श्री मौर्य ने कहा कि मेरिट में स्थान पाने वाले छात्रों के गॉवों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गो पर जो साइनबोर्ड लगाये जायेंगे उन पर बच्चों की फोटो लगाई जायेगी उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रदेश में समस्त निर्माणाधीन कार्यो एवं मरम्मत से संबधित कार्यो की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए

देश भर में आज कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष सामूहिक नमाज अदा की गई नमाजियों ने मुल्क की तरक्की अमनचन के साथ बरक्कत और खुशहाली के लिए दुआ की राजधानी लखनऊ में सुप्रसिद्ध टीले वाली मस्जिद ऐशबाग मस्जिद और आसिफी इमामबाड़ा में भारी संख्या में लोगों ने विशेष नमाज अदा की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी राज्यपाल रामनाईक ने ऐशबाग ईदगाह पहुंच कर मुस्लिम भाईयों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की श्री नाईक ने कहा कि त्याग और बलिदान का यह पर्व हमें गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है उन्होंने इस अवसर पर लोगों से केरल में बाढपीड़ितों की मदद के लिए सहयोग करने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है अपने बधाई सन्देश में मुख्यमंत्रो ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने तथा सामाजिक सद्भाव बनाये रखने की प्रेरणा प्रदान करता है और विवरण हमारे संवाददाता से राजधानी लखनऊ में ईद उल अजहा की विशेष नमाज टीले वाली मस्जिद ऐशबाग मस्जिद और आसिफी इमामबाड़ा में अदा की गई इस मौके पर लखनऊ से पांच बार सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही केरल की बाढ़ में अपनी जान गवाने वाले लोगों के लिए विशेष द्रआ की गई कुर्बानी का त्यौहार प्ररे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए है और मऊ आजमगढ़ अलीगढ़ मुरादाबाद बरेली रामपुर मेरठ बहराइच और गोरखपुर सहित कई जिलों में संवेदनशील इलाकों में कड़े एहतियात बरते जा रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इण्डोनिशिया में चल रहे एशियाई खेलों में प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की महिला रेसलर दिव्या काकरान को अड़सठ किलोग्राम फ़ी स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा ह कि दिव्या काकरान को कांस्य पदक जीतने पर अनुमन्य पुरस्कार राशि के साथ साथ राज्य सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद पर नौकरी दी जायेगी श्री योगी ने कहा कि लगन और परिश्रम के बल पर दिव्या काकरान ने बेहतरीन प्रदर्शन करके देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है प्रा राज्य इनकी उत्कृष्ट उपलब्धि से गौरवान्वित है केन्द्र ने अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर किफायती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का मसौदा जारी कर दिया है उड़ान योजना के विस्तार के तहत इन रूटों की पहचान राज्य सरकारें करेंगी

इस योजना के अनुसार केवल उन राज्यों को प्रोत्साहन दिया जायेगा जो योजना को लागू करने में सहयोग देंगे मसौदे पर चार सितम्बर तक सुझाव मांगे गए हैं